मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिह रावत ने बैठक में प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर रखे सुझाव

स्लग नीति आयोग दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में पहली बार नीति आयोग शासी परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता की

साथ ही कहा कि राज्यों को निर्यात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए परिषद की आज की बैठक की कार्यसूची में वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम कृषि सुधारों और विशेष रूप से वाम उग्रवाद से प्रभावित जिलों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की खबर है वहीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश को इको सिस्टम सर्विसेज के बदले प्रोत्साहन राशि देने का अनुरोध किया स्लग नीति आयोग बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखण्ड को अपनी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के संबंध में अपने सुझाव रखे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपने दो तिहाई भू भाग पर वनों का संरक्षण सुनिश्चित करके राष्ट्र को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवायें प्रदान की जा रही है इन पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को अपने विकास के अवसरों का परित्याग करना पड़ रहा है उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी क्षतिपूर्ति या प्रोत्साहन के तौर पर वित्तीय सहायता राज्य को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगी हैं सीमावर्ती और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से पलायन राज्य सरकार के समक्ष गम्भीर चुनौती है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही रोजगार सुजन के लिए निवेश करने की आवश्यकता है उन्होंने इन सीमान्त क्षेत्रों में रोड रेल और एयर कनेक्टिविटी को विकसित करने पर भी जोर दिया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परम्परागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील में मंडुवा झंगौरा जैसे स्थानीय अनाज को भी शामिल करने का सुझाव दिया बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी उन्होंने हिमालयी स्टेट रीजनल काउंसिल केदारनाथ पुनर्निर्माण चारधाम परियोजना नमामि गंगे के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया स्लग निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचे डॉ रमेश पोखरियाल निशंक का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया केंद्रीय मंत्री ने दिवंगत वित्त मंत्री प्रकाश पंत देहरादून के पूर्व महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल और हल्द्वानी के पूर्व नगर अध्यक्ष के निधन पर शोक प्रकट किया उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए वे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मिलकर काम करेंगे डॉ निशंक ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय की सौ दिन की कार्य योजना तय की है और सौ दिन के बाद अपने विभाग के कार्यो की रिपोर्ट मीडिया के समक्ष पेश करेंगे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर जो भी सुझाव देना चाहता हैं उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धमनियों में देश भक्ति का रक्त बहता है

इस अवसर पर शिक्षा अरविंद पांडेय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों खनन क्षेत्रों श्रमिक बस्तियों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है

हरिद्वार में जगह जगह योग और आयुर्वेद केंद्र खुल गए हैं यहां के योग आराग्यम में बच्चों बड़ों युवाओं और बुजुर्गो को योगाभ्यास कराया जाता है योग प्रशिक्षकों का कहना है कि प्रतिदिन योग करने से शुगर ब्लडप्रेशर सरवाईकल पीठ दर्द और पेट के रोगों सहित कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है उनका कहना है कि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल योग में है योग करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक शांति भी मिलती है स्लग सीएम और केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियो से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकत की

इसमें सम्भावित यातायात दबाव से निपटने के लिए हरिद्वार शहर में रिंग रोड का निर्माण कराया जाना बेहद जरूरी है इसके अलावा उन्होंने हरिद्वार में यातायात के दबाव को कम करने के लिए गंगा नदी पर जगजीतपुर के निकट ढाई किलोमीटरस्पान के चार लेन सेतु निर्माण को भी आवश्यक बताया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रदेश की हरसम्भव मदद के लिए तत्पर है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया उन्होंने श्री शेखावत से सिंचाई विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त करने का भी अनुरोध किया स्लग जन औषधि केन्द्र महंगी दवाइयों से गरीबों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को हल्का करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू किये हैं प्रदेश में भी विभिन्न जगहों पर लोगों को दवाओं की ज्यादा कीमत से राहत देने के लिए जन औषधि केंद्र खुले हैं बागेश्वर जिला अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खुलने से अब सभी को सस्ती दवाइयां मिलने लगी हैं लोगों को अब बाजार से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है

यह योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक छह में से एक बुजुर्ग के साथ किसी न किसी प्रकार का दुर्वयवहार होता है बुजुर्गो के प्रति दुर्व्यवहार में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना शामिल है